मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरि जलापूर्ति योजना से नाहन क्षेत्र के लोगों को बेहतर पेयजल सुविधा मिलेगी और इसका श्रेय विधायक राजीव बिंदल के प्रयासों को जाता है जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी से हमें सक्रि य रहने की जरूरत हैं और राज्य सरकार किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए तैयार है

अनुराग ठाकुर टीबी उन्मूलन में हमीरपुर जिले को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है केंद्रीय वि त्ता व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस उपलब्धि के लिए हमीरपुर जिले को बधाई दी है उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन कार्य क्रम व इससे बचाव के लिए जन जागरूकता फैलाने को लेकर जिले को यह गौरव हासिल हुआ है

पौधरोपण शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला जिले के घणाहट्टी के निकट नेहरा पंचायत में भाजपा किसान मोर्चा द्वारा आयोजित पौधरोपण कार्यक्र म का शुभारंभ किया इस दौरान लगभग दो हेक्टेयर क्षेत्र में देवदार के आठ सौ पौधे रोपित किए गए उन्होंने बताया कि किसान मोर्चा द्वारा इस क्षेत्र को गोद लेकर इन पौधों का संवर्द्वन व संरक्षण किया जाएगा सुरेश भारद्वाज ने सभी लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण करने का आहवान किया उधर कांगड़ा जिले में शाहपुर क्षेत्र के क्रेला में वन विभाग द्वारा आयोजित पौधरोपण कार्य क्र म में शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया इस अवसर पर स्थानीय लोगों व वन विभाग के अधिकारियों ने औषधीय पौधे रोपित किए

किशन कपूर सांसद किशन कपूर ने आज चंबा में ज़िला विकास संमन्वय व निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने ने जिले में चल रहे विकास कार्यो का जायजा लिया और अधिकारियों को सभी विकास योजनाएं समय पर पूरा करने को कहा किशन कपूर ने बेवजह कार्यो को लटकाने वालों ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए उन्होंने उपायुक्त कार्यालय में सांसद निधि के तहत दस लाख रूपये से बनने वाले बहुउद्देश्यीय भवन की आधारशिला भी रखी पुलिस महिलाओं और बच्चों के प्रति बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिए बहु आयामी रणनीति बनाने के उद्देश्य से शिमला रिथित पुलिस मुख्यालय में आज एक इंटरेक्टिव सत्र का आयोजन किया गया अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय व अधिकारिता निशा सिंह ने इसकी अध्यक्षता की पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ डेजी ठाकुर और राज्य सक्षम गुड़िया बोर्ड की उपाध्यक्ष रूपा शर्मा सहित महिला व बाल विकास से जुड़े अन्य अधिकारियों व पदाधिकारियों ने इसमें भाग लिया सत्र में महिलाओं व बच्चों के खिलाफ बढ़ रहे आपराधिक मामलों के कारणों और इन्हें रोकने के उपायों पर चर्चा की गई

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सभी मंत्रियों और पार्टी विधायकों से इस बैठक में भाग लेने को कहा है बैठक में कोरोना महामारी सहित अन्य मुददों पर चर्चा होने की संभावना है

बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि शिक्षण दिवस कम होने के कारण विषय विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों के आधार पर पाठ्य क्रम में कटौती की जाएगी

राजधानी शिमला में भी आज सुबह तेज वर्षा हुई मौसम विभाग ने अगले दो तीन दिन प्रदेश में वर्षा का क्र म जारी रहने की संभावना जताई है